केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का किया आहवान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे को जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए बताया सार्थक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

बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया वक्ताओं ने केन्द्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने और प्रदेश में मिशन रिपीट को लेकर कार्यकर्ताओं को सुझाव भी दिए बैठक के आखिरी दिन पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने सोशल मीडिया के बारे में जानकारी दी

बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे

धर्मशाला में आज प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ भाजपा के संगठनात्मक कार्यों पर भी असर डाला है इसके लिए अब अधिक समर्पण के साथ काम करने के उद्देश्य से कदम उठाए जाएंगे उन्होंने कहा कि लोकसभा विधानसभा उपचुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से सम्भव हो पाई है

उन्होंने कहा कि वर्चुअल रूप से बैठकों के माध्यम से सभी निर्णय व रणनीति निर्धारित की गई मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष दिशाहीन नेताविहीन और मुद्दाविहीन राजनीतिक दल है

अन्राग केन्द्रीय वि त्ता व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का आहवान किया है धर्मशाला में प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों से देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है

महेन्द्र सिंह जलशक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र के गोलवां में करीब सवा करोड़ रूपये की लागत से निर्मित होने वाले निरीक्षण कुटीर की आधारशिला रखी

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू द त्तात्रेय ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने और ग्रामीण स्तर पर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का आहवान किया है किन्नौर जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान आज रिकांगपिओ में एक समारोह में उन्होंने कहा कि विकास में महिलाओं की अहम भूमिका है इसलिए महिलाओं को खासतौर पर जनजातीय क्षेत्रों में नीति निर्धारण व विकास गतिविधियों में आगे आना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल का नारा जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के लिए अधिक सार्थक है

उन्होंने नेगी को सम्मानित किया और कहा कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर वे अन्यों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं भेंट एसएमसी अध्यापक संघ और राज्य होमगार्डस वैल्फेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज धर्मशाला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की

राज्य होमगार्डस वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमण्डल ने होमगार्ड स्वयं सेवकों के लिए नीति बनाने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया जयराम संवेदना मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के पैतृक निवास फतेहपुर पहुंच कर उनके शोक संतप्त परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की सुजान सिंह पठानिया का हाल ही में निधन हो गया था जागरूकता अभियान भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो चंडीगढ़ व क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा कोविड टीकाकरण जागरूकता अभियान आज शिमला के ढली में संपन्न हो गया

क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो शिमला के क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी अनिल दत्त शर्मा ने बताया कि कलाकारों ने नाटक के माध्यम से लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर फैली भ्रांतियों के बारे में जागरूक किया उन्होंने कहा कि कलाकारों ने आम जनता को संदेश दिया कि उन्हें वायरस नहीं बल्कि वैक्सीन चुननी चाहिए

निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने बताया कि एक माह की प्रशिक्षण संबंधी सूचना निगम की वैबसाईट डब्लयूडब्लयूडब्ल्यूडॉट एचआरटीसी एचपी डॉट कॉम पर उपलब्ध करवाई गई है

बस सेवा जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में बर्फबारी के चलते नवम्बर से बंद बस सेवा आज से आरंभ हो गई है अटल टनल रोहतांग के खुलने से इस बार घाटी में फरवरी माह में ही ये बस सेवा शुरू हो गई है उपायुक्त पंकज राय ने आज केलंग से उदयपुर के बीच बस सेवा को हरी इांडी दिखाकर रवाना किया इससे घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है स्नो फेस्टिवल लाहौल स्पिति में स्नो फेस्टिवल के अंतर्गत चल रहे सांस्कृतिक व पारंपरिक आयोजनों से रूबरू होने के लिए आज मुख्य सचिव अनिल खाची लाहौल पहुंचे अनिल खाची ने राजा घेपन मंदिर में जाकर दर्शन किए और पर्यटन क्षेत्र में हो रहे कार्यों का जायज़ा लिया इस दौरान उन्होंने गोंदला केस्नो क्रा पट की कलाकृतियों व स्कीईंग की गतिविधियों का जायज़ा लिया और तीरंदाजी में भी हाथ आज़माया